मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तय समय पर होंगे विधानसभा में मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर विपक्ष का हंगामा विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से शांत हुआ मामला राज्य सरकार ने चंदन व खैर के पेड़ों के समयबद्व कटान और बिक्री की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर की याचिका प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उदघाटन किया उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरूआत की जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है इस ऐप को किसान सीधे तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं

अब तक मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश की जाने वाली ये सबसे बड़ी राशि है

अनुराग ठाकुर इस बीच केन्द्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार अन्नदाता के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित है उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज शुरू की गई मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप्प इस दिशा में एक अहम कदम है अनुराग ठाक्र ने कहा कि हिमाचल में स्थित पौंग डैम गोविंद सागर और अन्य कई इलाकों में इस योजना के तहत मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा

अनुराग ठाकुर ने कहा कि ई गोपाला ऐप्प पशु पालकों की समस्याओं के समाधान व मार्गदर्शन के लिए मददगार साबित होगी प्रश्नकाल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव तय समय पर होंगे और नई पंचायतों के गठन के बाद आगे की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए ये घोषणा की

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई इलाके दूरदराज और पिछड़े हैं वहां पर नई पंचायतों के गठन में तय नियमों में थोड़ी ढील दी गई है

उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को टाला नहीं जा सकता है और यह समय पर ही होंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के पंचायत चुनावों संबंधी सवाल के जवाब में कहा कि लोगों के सुझाव और मांग के आधार पर नई पंचायतों का गठन किया गया है भाजपा के रमेश धवाला के सवाल पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने को कोई पाबंदी नहीं है जो मापदंड पूरे करेगा वह प्रोजेक्ट लगा सकेगा उन्होंने कहा कि बड़े प्रोजेक्टों की शर्ते अलग से तय की गई हैं सुखराम चौधरी ने कहा कि इसमें उन्हें यह बताना होता है कि वे अतिरिक्त बिजली की खपत कहां करेंगे ऊर्जा मंत्री ने कहा कि परियोजना निर्माता किसी भी समय इक्विटी शेयर सरकार द्वारा स्वीकृत जल विद्युत नीति के प्रावधानों के अनुसार विक्रय कर सकता है उन्होंने कहा कि पांच मेगावाट तक की क्षमता व इससे अधिक क्षमता की परियोजनाओं के लिए अलग से मापदंड हैं

संकल्प चर्चा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में लोक निर्माण ग्रामीण विकास और शहरी विकास विभागों के तहत विकास कार्यो में लगाई जा रही इंटरलॉक टाइल्स और पेवर्स बिछाने की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा निजी सदस्य कार्य दिवस के तहत लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इंटरलॉक टाइल के बढ़े प्रचलन को देखते हुए मैकेनिज्म तैयार किया गया है और गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इंटरलॉक टाइल की गुणवत्ता और मुल्य निर्धारण के लिए नीति और नियम बना रही है इससे टाइल बिछाने के काम की व्यवस्थित ढंग से निगरानी की जा सकेगी मुख्यमंत्री के जवाब से संतृष्ट विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बाद में अपना संकल्प वापिस ले लिया इससे पहले विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अपना संकल्प पेश करते हुए विकास कार्यो में इंटरलॉक टाइलों के इस्तेमाल के लिए नीति बनाने और इनकी खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इसकी खरीद को पारदर्शी बनाने की मांग की हंगामा शिमला में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र के आज चौथे दिन प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सदन में हंगामा हो गया नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को चर्चा का जवाब देते समय विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है इस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए क्योंकि इससे विपक्ष के सदस्यों की भावनाएं आहत हुई हैं इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी मंशा किसी की भावनाएं आहत करने की नहीं थी और ब्यौरा हमारे विशेष संवाददाता से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के आरोपों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस विधानसभा ने चर्चा को स्वीकार किया जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने सारी बात सुनी इस दौरान विपक्ष की ओर से ऐसे ऐसे शब्दों का जिक्र हुआ जो सही नहीं थे वह भी एक बार नहीं बल्कि कई बार बोले गए फिर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी मुख्यमंत्री ने कहा कि चर्चा के जवाब के समय विपक्ष नारेबाजी कर रहा था और तालियां बजा रहा था इस दौरान गलत शब्दों का प्रयोग किया गया और बाधा करने के लिए तालियां बजाई गई इस पर उन्होंने यही कहा कि अगले जन्म में भी इसी खुशी में पैदा हों उन्होंने कहा कि विपक्ष हमें दलाल लुटेरे बोलते रहें तो ऐसे में फिर एक एक शब्द को देखना पड़ेगा जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी मंशा किसी की भावनाएं आहत करने की नहीं थी उन्होंने कहा कि यहां वेतन काटने की बात उठी और जब वेतन दे दिया तो उसका सदन में जिक्र नहीं होना चाहिए था इस पर सदन में शोर गुल होने लगा और सत्तापक्ष के सदस्य सीटों से उठे और कहा कि विपक्ष की कई टिप्पणियां गलत थी फिर विपक्षी सदस्य भी उठे और शोरशराबा करने लगे इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदस्यों को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा कि प्रश्नकाल में बहुत से महत्वपूर्ण सवाल लगे हैं विपिन परमार ने कहा कि अगर चर्चा के दौरान कोई ऐसे शब्द आए होंगे जो असंसदीय है तो वे उन्हें देखेंगे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि जब स्पीकर की रूलिंग आ गई है कि सारे रिकार्ड को देखेंगे तो विपक्ष को आगे चलना चाहिए इसके बाद अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि अगर कोई असंसदीय शब्द होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला संकल्प जवाब हिमाचल प्रदेश में चंदन और खैर के पेड़ों के समयबद्व कटान और इसकी बिक्री की अनुमति के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वन मंत्री राकेश पठानिया विधानसभा में आज विधायक रमेश धवाला द्वारा गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के तहत खैर व चंदन के पेड़ों के समयबद्व कटान और इसकी बिक्री को लेकर नीति बनाए जाने के संबंध में लाए गए संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे